वे आज राजभवन शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के प्रबुद्धजनों से बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि रोहतांग सुरंग के निर्माण से जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां और अधिक सुदृढ़ होंगी बंडारू दत्तात्रेय ने क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी बल दिया

इसके अलावा पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने भारत तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति पर विस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत की

वे आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों की सहायता के लिए सरकार ऑनलाईन पोर्टल भी आरम्भ करेगी इस अवसर पर उद्योगमंत्री बिक्रम ठाकुर ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से युवाओं की मदद के लिए आगे आने का आहवान किया ताकि युवा अपने उद्यम जल्द आरम्भ कर सकें प्रसाद ई फाइलिंग केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा मिलने से मुकद्दमें दायर करना आसान हो गया है

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटिकरण की दिशा में बढ़ता कदम है गोयल नवीकरणीय ऊर्जा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल का अगले साढे तीन वर्षो में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत अक्षय ऊर्जा और विनिर्माण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है और उद्योग जगत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है रेलमंत्री ने कहा कि कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण के क्षेत्र में फायदा होगा जो आर्थिक रूप से देश के लिए लाभदायक है

एक बयान में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री ने कहा कि गांवों में आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बौल में आज ग्लेस पॉट्री वर्कशॉप का शुभारम्भ करने के बाद उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के माध्यम से पारम्परिक कलाओं को सिखाने वाले तथा सीखने वालों को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है

सभी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वहन केवल सीमित रूप से किया जाएगा विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में कल भरमौर में हुई मणिमहेश ट्रस्ट के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया जिया लाल ने बताया कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल व मंदिर अभी बंद है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है जिसे देखते हुए यात्रा के आयोजन का जोखिम नहीं उठाया जा सकता